केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि संसद से पारित तीन नए कृषि कानून उनके हित में हैं कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि अगर किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार है कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदर्शन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे नागरिकों को कठिनाई होती है कुछ विषयों पर चर्चा हुई है लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा न हो और वो एक्ट ऐसे किसानों के विरूद्व है उनका कौन सा क्लॉज विरूद्व है वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी सभी किसान बंध्रआँ से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लम्बे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं किसानों को कहीं भी आपति है तो सरकार उनको सुनने के लिए उस पर विमर्श करने के लिए उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को इखतियार नहीं करना चाहिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच चौथे दौर की बातचीत आज होगी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली में पंजाब के किसान संघों के प्रतिनिधियों से इस मृद्दे पर बैठक की बैठक में श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित तीन नए कानून लागू किए हैं यह एक श्रम है कि इन कृषि सुधार अधिनियम के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद बंद हो जाएगी जबकि वास्तविक्ता यह है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज को एमएसपी दर पर बेच सकते हैं सरकार ने पिछले पांच वर्षों में धान गेंह दलहन तिलहन और कोपरा के लिए एमएसपी में पर्याप्त व्रद्धि की है धान की फसल में सरकार ने पिछले पांच वर्षों में एमएसपी में दो दशमलव चार गुणा की वृद्धि की है

वहीं गेंहू के एमएसपी भुगतान में पिछले पांच वर्ष में एक दशमलव सात सात गुना की वृक्षि हुई

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अग्वाई में एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले श्री जावडेकर ने कहा कि प्रति वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढाया जा रहा है लखनऊ नगर निगम के दो सौ करोड़ रूपये के बॉन्ड को कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सुचीबद्दकरण किया गया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंबई शेयर बाजार में मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ साथियों और अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लखनऊ नगर निगम ने पिछले महीने बॉन्ड जारी करते हुए दो सौ करोड़ रुपये बाजार से जुटाए इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ नगर निगम द्वारा बांड जारी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है उन्होंने कहा कि देश में उन्नीस सौ सन्तान्नबे में नगर निकायों को म्यूनिसिपल बांड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला निगम है जिसके लिये यह बांड जारी हुए हैं उन्होंने कहा कि इससे अन्य नगर निकाये इकाईयों को स्वामाविक रूप से प्रेरणा मिलेगी उन्होंने कहा कि नगर निकायों की दृष्टि से यह एक नये युग की शुरूआत है उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि एक बार फिर वह गाजियाबाद नगर निगम के म्यूनिसिपल बांड के साथ यहां उपस्थित होंगे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोगों को समाज निर्माण और पर्यावरण प्रदृषण मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिये श्री मौर्य कल राष्ट्रीय प्रदृषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर लखनऊ में पौधा रोपण के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण में हर्बल पोधों को प्राथमिकता दी जाये उपमुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश में हर्बल रोड और हर्बल वाटिकाएं बना रहा है उन्होंने कहा कि सिंगल बेस्ट यूज प्लास्टिक का सड़कों के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाये श्री मौर्य ने बताया कि नई तकनीक का उपयोग करके सोलह लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी की गई है उन्होंने कहा कि इस वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा डेढ़ हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण सिंगल यूज बेस्ट प्लास्टिक के माध्यम से किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस कड़ी में हर्बल वाटिकाओं और हर्बल सड़क का भी निर्माण मेधावी छात्रों और खेल प्रतिभाओं के नाम पर किया जायेगा प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार सात सौ निन्यानबे नये मामले मिलने के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बाईस हजार सात सौ सन्तानबे हो गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पिछले छत्तीस घंटों के दौरान दो हजार छः सौ सात लोग कोरोना से ठीक हुए है और अब तक राज्य में पांच लाख सोलह हजार छ सौ चौरान्नबे मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर चौरान्नबे दशमलव चार शून्य प्रतिशत है उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना से अब तक सात हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मौत हुई है और राज्य में कोरोना मृत्युदर एक दशमलव चार दो प्रतिशत है प्रदेश में मंगलवार से कोरोना जांच का तीन दिन का विशेष अमियान चलाया जा रहा है जो आज तक जारी रहेगा इस अमियान के तहत बैंडबाजा लाइट टेन्ट मैरिज हाल डीजे तथा अन्य स्टाफ की सैम्पलिंग कर जांच की जा रही है उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में संक्रिमित क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है और चार से दस दिसम्बर के दौरान संक्रमित इलाकों में फोकस टेस्टिंग की जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऐहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की हैं इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बद रहेंगे पैंसठ वर्ष से अधिक आय के लोग गर्मवती महिलाए और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को पहले से ही सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों में हुए उप चुनाव में भाजपा की जीत यह दर्शाती है कि देश श्री मोदी के साथ है श्री सिंह कल लखनऊ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के क्शल नेतृत्व के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास विश्वास और प्रगति का प्रतीक बन गई है